मुख्यमंत्री ने सभी प्रकार की वाईन में फलों के इस्तेमाल की सम्भावनाओं का पता लगाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इससे बागवानों की आर्थिकी में बदलाव लाने की क्षमता है उन्होंने लाईसेंस धारकों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके सुझावों के लिए तैयार है और इस सन्दर्भ में उचित कदम उठाए जाएंगे नडडा भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि नागरिकता कानून का उद्देश्य नागरिकता देना है न कि किसी नागरिक की नागरिकता रद्द करना है नए नागरिकता कानून के समर्थन में कोलकाता में कल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश में मुसलमानों सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा देना केंद्र की जिम्मेदारी है मार्कंडा कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडा ने शरद ऋतु के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति और सड़कों को खुला रखने के लिये हरसंभव प्रयास करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं वे कल शिमला में इस सम्बंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे बैठक में उन्होंने रौंग टौंग पॉवर हाउस के स्वामित्व से सम्बंधित मुद्दे को सुलझाने के लिये विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार लोग बजट इंडिया डॉट एचपी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर सुझाव भेज सकते हैं इसके अलावा इन्हें पत्र के माध्यम से वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के कार्यालय को भी भेजा जा सकता है मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों सहित कई अन्य भागों में कड़ाके के ठंड लगातार जारी है

कई भागों में पेयजल स्रोत जमने से लोगों को पीने के पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है

दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है जीएसटी में लापरवाही बरतने वाले अफसर नपेंगे

अमर उजाला का शीर्षक है मंडी में खोला जाएगा बड़ा विश्वविद्यालय

जबकि अजीत समाचार के शब्द हैं प्रदेश को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे दैनिक भास्कर की एक खबर है ऊना में देश का चौथा सरकारी सेफ्टी ड्राइविंग एजुकेशन सेंटर खुला लाइसेंस के लिये यहां से लेना होगा सर्टिफिकेट इटली की नर्सरियों पर कार्रवाई की तैयारी में हिमाचल सरकार शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है सेब के घटिया पौधे आयात करने के अहम सबूत हाथ लगे

पालमपुर और सुंदरनगर श्रेष्ठ शहर दोनों नगर परिषदों को मिलेगा एक एक करोड़ का प्रथम पुरस्कार हिमाचल दस्तक की खबर है मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है केलांग में अधिकतम व न्यूनतम तापमान माइनस में